इस अवधि में आयोजित होने वाले म्यूजिक इन द पार्क और नाटक मंचन जैसे कार्यक्रम भी स्थगित रहेंगे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कल देर रात अपने निवास पर हुई उच्चस्तरीय बैठक में कोरोना वायरस पर चर्चा के बाद यह निर्णय लिया श्री गहलोत ने बताया कि स्कूल और कॉलेजों में चल रही बोर्ड परीक्षाओं पर कोई रोक नहीं होगी साथ ही मेडिकल और नर्सिंग कॉलेज में कार्य संचालन सामान्य रूप से जारी रहेगा

इसके तहत आज जयपुर में हजारों लोगों को आयुष काढा पिलाया गया स्वास्थ्य विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव रोहित कुमार सिंह ने बताया कि सभी जिलों में आज से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग द्वारा आशा कार्यकर्ताओं को कोरोना से संबंधित प्रशिक्षण दिया जा रहा है

इसका उद्देश्य इन वस्तुओं की आपूर्ति बढ़ाना और जमाखोरी रोकना है कोरोना वायरस संक्रमण की रोकथाम के उपायों के तहत यह निर्णय लिया गया है केन्द्र ने सर्जिकल मास्क हैण्ड सैनिटाइजर और ग्लव्स की उपलब्धता और कीमतों पर नियंत्रण के लिए आपदा प्रबंधन अधिनियम लागू कर दिया है इस निर्णय से सरकार और राज्य तथा केन्द्र शासित प्रदेशों को इन वस्तओं की उपलब्यता और सुचारू बिक्री सुनिश्चित करने के लिए इनके उत्पादन गुणवत्ता और वितरण पर नियंत्रण का अधिकार मिलेगा उधर उच्चतम न्यायालय ने नोवेल कोरोना वायरस संक्रमण के फैलाव को देखते हुए अपना कार्य दायरा सीमित करने का निर्णय लिया है

ये छह पीठ केवल जरूरी मामलो की सुनवाई करेंगी सुनवाई के दौरान अदालत में वकीलों को छोडकर अन्य किसी को अंदर जाने की अनुमति नहीं होगी

इस चरण में आवास से संबंधित जानकारी जुटाई जाएगी

जनगणना नागरिकों से संबंधित विविध प्रकार के सांख्यिकी आंकड़ों का एकमात्र सबसे बड़ा स्रोत्र है